पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में

शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस वर्ष केन्द्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होगा यह बजट एन्ड्रायड और आई ओ एस प्लेटफार्म पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से भी देखा जा सकता है

ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार पटना भागलपुर और छपरा को शीत लहर प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है राजधानी पटना में ठंड ने पिछले दस सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मौसम वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि कल पटना का न्यूनतम तापमान तीन दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया उन्होंने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान मौसम के रूख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा

कई लम्बी दूरी की रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से घंटो विलंब से चल रही हैं पटना गया और दरभंगा हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है उत्पाद विभाग की टीम ने पटना से दो करोड़ रूपये मूल्य की शराब जब्त की है शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त कृष्णा पासवान ने बताया कि बाईपास थाने से लगभग पांच सौ मीटर दूर महादेव स्थान स्थित एक गोदाम से यह जब्ती हुई है उन्होंने बताया कि मौके से छह मजदूरों और दो वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया है साथ ही तीन ट्रक और तीन पिकअप वैन भी जब्त किये गये हैं श्री पासवान ने बताया कि जब्त शराब की बोतलों की गिनती की जा रही है राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चूनाव के लिए उम्मीदवारी और उम्मीदवारों के प्रस्तावक बनने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है आयोग के अनुसार संविदा कर्मी न तो चुनाव लड़ सकते है और न ही उम्मीदवारों के प्रस्तावक बन सकते हैं केन्द्र राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों के कर्मियों के साथ साथ सरकारी शिक्षक प्रोफेसर और शिक्षकेत्तर कर्मी किसी उम्मीदवार के प्रस्तावक नहीं हो सकते हैं आयोग ने स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी सेविका विशेष शिक्षा परियोजना साक्षरता अभियान विशेष शिक्षा केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक और पंचायत के अधीन संविदा पर काम कर रहे किसी भी कर्मी के प्रस्तावक बनने पर रोक रहेगी इनमें पंचायत शिक्षा मित्र न्याय मित्र दलपति और होमगार्ड जवानों को भी शामिल किया गया है इसके अलावा सरकारी अधिवक्ता और लोक अभियोजक को भी प्रस्तावक नहीं बनाया जा सकता है ऐसे कर्मी यदि प्रस्तावक बनते हैं तो उम्मीदवारों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया जायेगा पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने का आज अंतिम दिन है एक जनवरी दो हजार इक्कीस को अठारह वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा आज तक संबंधित प्रखंड कार्यालय में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं वहीं नाम पता में संशोधन और नाम हटाने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं बोर्ड ने कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए व्यापक प्रबंध किये हैं सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं और पुलिस बल की तैनाती की गयी है परीक्षा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी परीक्षा केन्द्रों के इर्द गिर्द धारा एक सौ चौवालीस प्रभावी हो गया है बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि राज्यभर में एक हजार चार सौ तिहत्तर परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं जहां तेरह लाख पचास हजार से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि पहली पाली की परीक्षा सुबह साढ़े नौ बजे से और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर पौने दो बजे से आयोजित की जायेगी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से दस मिनट पहले तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा इस बार परीक्षा में छात्रों को सौ प्रतिशत अतिरिक्त वैकल्पिक प्रश्न दिये जायेंगे कड़ाके की ठंड को देखते हुये छात्रों को जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति दी गयी है साथ ही जिन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र में फोटो संबंधी त्रटि है या फिर उनका प्रवेश पत्र भूलवश छूट गया हो तो उन्हें आधार कार्ड वोटर कार्ड और पैन कार्ड समेत अन्य फोटो युक्त पहचान पत्रों के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा कोविड को देखते हुये परीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गयी है परीक्षार्थियों के साथ साथ परीक्षा कोन्द्र पर मौजूद हर व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है परीक्षार्थियों के बैठने में सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन किया जा रहा है हरेक केन्द्र पर सेनेटाईजर की व्यवस्था है साथ ही परीक्षा केन्द्रों को समय समय पर सेनेटाईज भी करने के निर्देश दिये गये हैं शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को नौवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा मैट्रिक परीक्षा के तर्ज पर कराने की अनुमति दे दी है परीक्षा छब्बीस फरवरी से शुरू होगी और तीन मार्च तक चलेगी प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन चार मार्च को होगा बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा के लिए समिति प्रश्न पत्र जारी करेगा देशभर में सिनेमा हॉल आज से पूरी क्षमता के साथ काम करने लगे हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉलों के लिए कोविड मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है इसमें मास्क पहनने सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने और समय समय पर सेनेटाईजेशन को अनिवार्य किया गया है प्रदेश के चिन्हित टीकाकरण केन्द्रों पर आज स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड के टीके दिये जा रहे हैं पटना में केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गयी है और अब यह साठ हो गयी है इधर राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी सिविल सर्जन को टीकाकरण केन्द्रों की संख्या दोगुनी करने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक एक लाख पैंतालीस हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण हो चुका है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अंठानवे दशमलव नौ छह प्रतिशत हो गई है एक दिन में एक सौ बासठ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख अंठावन हजार अठारह हो गई है वहीं इसी अवधि में एक सौ सोलह नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख साठ हजार सात सौ उन्नीस हो गया है एक दिन में दो लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ एक हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार एक सौ निन्यानवे है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा ने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके पटना स्थित सरकारी आवास पर मुलाकात की इस मुलाकात के बाद राजनीति हलकों में श्री कुशवाहा के जदयू के साथ जाने की चर्चाएं तेज हो गयी हैं हालांकि श्री कुशवाहा ने इस मुलाकात को सामान्य बताया है लेकिन जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि उपेन्द्र कुशवाहा लम्बे समय तक जदयू के साथ रहे हैं और बहुत जल्द अच्छी खबर आयेगी प्रदेश में चौरानवे हजार प्रारंभिक शिक्षकों की शुरू होने वाली नियोजन प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की जांच को भी शामिल किया गया है प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा शिक्षा विभाग की हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण ने नालंदा स्थित तेल्हाड़ा खंडहर की खुदाई की अनुमति दे दी है बिहार पुरात्तव निदेशालय के निदेशक अनिमेष परासर ने यह जानकारी दी तेल्हाड़ा बौद्धकालीन एक प्रमुख स्थल है जहां पूर्व में हुई खुदाई के क्रम में तीन मंजिला भवन के साक्ष्य मिले थे जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पहली एशियाई ऑनलाईन निशानेबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर यह जानकारी दी है भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र में वाहनों से अवैध वसूली के मामले में एक पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है पश्चिम चम्पारण जिले के नवलपुर बाजार से अपहत छात्र प्रिंस कुमार को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है पुलिस ने अपहरण में शामिल चार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है पटना के बाढ़ रेलवे स्टेशन के पास जीआरपी थाने में पदस्थापित दारोगा विपिन कुमार सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात और आज पेश होने वाले आम बजट से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है तिरंगे का अपमान दुःखद मोदी दैनिक जागरण की सुर्खी है लम्बे समय तक तेज विकास की जमीन तैयार करेगा आम बजट दैनिक भास्कर ने लिखा है खगड़िया हुआ कोरोना मुक्त अड़तीस में से तेरह जिलों में अब दस से कम मरीज प्रभात खबर की सुर्खी है इंटर परीक्षा आज से शामिल होंगे तेरह लाख से अधिक परीक्षार्थी राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों से जुड़ेगा समग्र शिक्षा अभियान

पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में

शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी